स्कूली विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत परीक्षा पर चर्चा का तीसरा सत्र बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छात्र अभिभावक और शिक्षकों को परीक्षाओं में बिना भय और तनाव के भाग लेना चाहिए

मेरे युवा साथी परीक्षाओं के समय हंसते खिलखिलाते दिखें पेरेंट्स तनाव मुक्त हों टीचर्स आश्वस्त हों इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई सालों से हम मन की बात के माध्यम से परीक्षा पर चर्चा टाउनहॉल के माध्यम से या फिर एग्जाम वॉरियर बुक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं इस आयोजन में बिहार के सत्तर छात्र शामिल हो रहे हैं जिनमें दो छात्रों के प्रश्न का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जवाब देंगे जिन छात्रों के प्रश्न का चयन किया गया उनमें पटना के केन्द्रीय विद्यालय दानापुर कैंट की छात्रा तेजस्विनी सिंह और समस्तीपुर के डीएवी स्कूल हरपुर एलौथ की आयुषी कुमारी शामिल हैं देश के सभी स्कूलों के कक्षा छह से बारह के विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम का आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारण सुनने और देखने का अनुरोध किया जा रहा है यह कार्यक्रम दूरदर्शन के डीडी नेशनल दूरदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनल पर उपलब्ध रहेगा दो हजार इक्कीस की जनगणना इस साल पहली अप्रैल को शुरू होगी और तीस सितम्बर तक चलेगी जनगणना कर्मी घरों की सूची तैयार करने से संबंधित चरण के दौरान परिवार के मुखिया के मोबाइल नम्बर शौचालयों टेलिविजन इंटरनेट वाहनों और पीने के पानी के स्रोत सहित कई जानकारी मागेंगे

मोबाइल नम्बर केवल जनगणना से संबंधित बातचीत और जानकारी हासिल करने के लिए मांगा जाएगा प्रत्येक परिवार से यह भी पूछा जाएगा कि क्या उस परिवार के पास टेलीफोन मोबाइल फोन स्मार्ट फोन साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड कार या जीप या अन्य कोई वाहन रेडियो या ट्रांजिस्टर लैपटॉप या कम्प्यूटर है या नहीं जनगणना कर्मी बिजली के मुख्य स्रोत परिवार के पास शौचालय की सुविधा उपयोग किये गये पानी के निकलने की व्यवस्था रसोईघर की उपलब्धता एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मुख्य ईंधन से संबंधित जानकारी भी मागेंगे

अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली सीबीआई ने चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है सीबीआई ने गलत सूचना देकर जमानत लेने का आरोप लगाया है जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा है कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले में कुल इकतीस साल की सजा मिली है जबकि लालू प्रसाद ने झारखंड उच्च न्यायालय को जानकारी दी थी कि उन्हें चौदह साल की सजा मिली है और इनमें से आधी यानी सात साल की सजा वे काट चुके हैं राज्य सरकार ने प्रदेश के सत्रह आश्रय गृहों के दोषियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जांच का जिम्मा सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को सौंपा गया है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपर मुख्य सचिव को दोषियों की पहचान करने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि राज्य के आश्रय गृहों की स्थिति पर सीबीआई की चार्जशीट में पच्चीस जिलाधिकारी सहित इकहत्तर अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी पंचायतों में टैक्स वसूली के लिए नयी नियमावली को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है इस नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद ग्राम पंचायतें सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार कर वसूली कर सकेंगी इससे पंचायतें अपनी आमदनी से भी आम लोगों की सुविधा के लिए योजनाएं चला सकेंगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है आज नालंदा जिले के बिहारशरीफ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में लोगों को गुमराह कर देश भर में हिंसा फैला रहे हैं इधर आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सीएए के समर्थन में भाजपा की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया बिहार कारा सेवा के तीन अधीक्षकों का तबादला कर दिया गया है मोतिहारी केन्द्रीय जेल के अधीक्षक रविन्द्र कुमार को कारा विभाग में डीआईजी बनाया गया है वहीं विध् कुमार को मोतिहारी केन्द्रीय जेल का अधीक्षक बनाया गया है सुरेश चौधरी सहरसा मंडल कारा के अधीक्षक होंगे खनन और भूतत्व विभाग ने बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि इस वर्ष अक्टूबर महीने तक बढ़ा दी है यह समय सीमा इकतीस दिसम्बर को समाप्त हो गयी थी

इस दौरान न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी इधर आज भी प्रदेश के उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश हुई है सबसे अधिक भागलपुर में तीन दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी आज छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव सात पटना का बारह दशमलव छह और पूर्णिया का तेरह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया समाज कल्याण विभाग ने दो सौ छियालीस बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दंड स्वरुप इन सभी का एक दिन का वेतन काटा गया है भोजपूर जिले के जगदीशपूर थाना क्षेत्र के रूप बांध गांव में शराब तस्करों ने साहेब यादव नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी मृतक जदयू के नेता थे वहीं नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के बस्ती गांव में अपराधियों ने पूर्व मुखिया गौतम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी इधर खगड़िया जिले के गोगरी के प्रभारी अंचल निरीक्षक विनोद कर्ण को आज शाम अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया मामले की छानबीन चल रही है पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ग्रमटी के पास तेल टैंकर की चपेट में आने से एक छात्र की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया और पुलिस पर पथराव किया इस घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हो गये हैं वहीं खगड़िया में दो बेगूसराय दरभंगा और जहानाबाद में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है

इस प्रतियोगिता में पैंतीस से पैंसठ आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली सोनू साह को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के खैरा थाना क्षेत्र के भिमाईन पंचायत से पुलिस ने एक बंदूक और तीन कारतूस बरामद किया है

दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के ककरौली गांव में पुलिस ने एक पिक अप वैन से तेईस कार्टन शराब बरामद की है

वैशाली जिले के सराय में गंगा विष्णु स्मृति संगीत समारोह का आयोजन किया गया समारोह में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं